इस फैसले से प्राप्त अतिरिक्त प्रंजी केन्द्रीय बजट के माध्यम से एफसीआई में लगाई जा सकेगी जिसे एफसीआई अनाजों के भंडारण के काम में इस्तेमाल करेगा और उसे अपनी उधारी पर दिये जाने वाले ब्याज के बोझ से राहत मिलेगी इसके परिणामस्वरूप खाद्य सब्सिडी में भी कमी आयेगी

श्री कोलम्बकर को कल शाम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने कल राज्यपाल से प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने तथा आज शाम पांच बजे तक सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने को कहा था वहीं उद्वव ठाकरे कल शाम मुम्बई में दादर स्थित शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट पर मूक बधिर यात्रियों के लिए साइन लैंग्वेज हेल्पडेस्क की श्रुआत की गई है इस हेल्पडेस्क का शुभारंभ एयरपोर्ट एडवाइजरी कमिटी के अध्यक्ष और इंदौर र्क सांसद शंकर लालवानी ने किया मूक बधिर यात्रियों के लिए इस तरह की हेल्प डेस्क शुरू करने वाला इंदौर देश का पहला एयरपोर्ट है इस मौके पर शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर शहर हमेशा सामाजिक कामों में आगे रहता है और इंदौर एयरपोर्ट भी कई मामलों में मिसाल पेश कर रहा है इस मौके पर एयरपोर्ट डायरेक्टर श्रीमती अर्यमा सान्याल भी मौजूद थी डुसरो प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अत्याध्रनिक भू पर्यवेक्षी उपग्रह कार्टोसैट थ्री का आज सफल प्रक्षेपण किया

इसरो ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है

इसके साथ ही सरकार ने नर्मदा परिक्रमा पथ का विकास करने और पुजारियों को दिये जाने वाले मानदेय में बढोत्तरी की घोषणा भी की है संस्कृति एवं जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने बताया कि रामपथगमन का निर्माण सतना जिले के चित्रकृट से अनूपपुर के अमरंकटक तक किया जाना प्रस्तावित है हिन्द मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान इसी रास्ते का प्रयोग किया था कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व अपने घोषणा पत्र में इस पथ के निर्माण की घोषणा की थी प्रदेष सरकार द्वारा लोगों को एसएमएस के माध्यम से भी जागरूक करेगी एसएमएस में अपहरण जैसे अन्य अपराधों से सतर्क रहने संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी नक्सली सतर्कता होषंगाबाद के पचमढ़ी में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नौकरी करने के दौरान सावधानी रखने संबंधी प्रषिक्षण प्रदान किया जा रहा है सात दिवसीय प्रषिक्षण में प्रलिसकर्मियों को बताया जा रहा है कि जंगल को अपना दोस्त कैसे बनाया जा सकता है इसके साथ ही मानसिक तनाव को दूर करने के तरीके भी बताए जा रहे हैं रक्षित निरीक्षक अनीता सेबड़े और अन्य प्रशिक्षक स्टाफ ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान पुलिस के जवानों को जंगल ड्यटी के दौरान हर प्रकार सावधानियां बरतने के साथ ही बताया गया कि उनका सबसे बड़ा साथी जंगल होता है प्रशिक्षण के दौरान मौजूद रहे पीटीएस एसपी भारत भूषण राय ने बताया कि सिंगानामा कैंप में पुलिस जवानों को एंबुश लगाना किसी घर में नक्सलाइट के छूपे होने पर वहां छापा मारने की कार्रवाई सिखाई जा रही है पचमढ़ी के पास जंगल कैंप सिंगानामां में इस प्रशिक्षण कैंप का आज समापन होगा

यह बदमाश एक पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा पुलिस ने इन बदमाशों के खिलाफ डकैती अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है